इस यात्रा का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह यात्रा सभी दो सौ तीस विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मंच सभा होगी और चार सौ पिचहत्तर रथ सभाएं होंगी इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सात सौ से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे पचपन दिनों तक चलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का समापन पच्चीस सितंबर को भोपाल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में किया जायेगा यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री चौदह और पन्द्रह जुलाई को उज्जैन संभाग और दूसरे चरण में अठारह और उन्नीस जुलाई को रीवा संभाग में जनता से मुलाकात करेंगे शिविर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये सागर जिले के खुरई में आज सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया है कार्यक्रम मे ंसामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचन्द्र गेहलोत दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायक उपकरण वितरित करेंगे

कार्यकम की अध्यक्षता गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह करेंगे

सिंधिया मध्यप्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सांसद और चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उन्हें क्र्सी की कोई अभिलाषा नहीं है प्रदेश की जनता के दिल में स्थान पाना उनकी ख्वाहिश है शिवपुरी में व्यापारियों से कल रात चर्चा के दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि वे चाहते हैं कि वे न केवल शिवपुरी की जनता के बीच बल्कि समूचे मध्यप्रदेश की जनता के दिल में स्थान पा सकें श्री सिंधिया दो दिन के शिवपुरी दौरे पर हैं जहां वे विभिन्न क्षेत्रों में जनता के बीच जनसंपर्क रहे हैं संयुक्त अभियान मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण के लिए दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त अभियान चलाएंगी उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे भिंड जिले के फूप में कल दोनों प्रदेशों की पुलिस की बैठक आयोजित की गई बैठक में तय किया गया है कि सीमाओं से होने वाली हथियारों की तस्करी को बंद किया जाएगा इसके लिए सीमावर्ती थाना प्रभारियों द्वारा सतत निगरानी कर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा दोनों राज्यों की पुलिस तालमेल बनाकर विभिन्न मामलों में फरार घूम रहे आरोपियों को पकडेगी भिण्ड जिले के अटेर और फूप और उत्तरप्रदेश के इटावा जिले के बडपुरा सहसों उदी मोड और सुरपुरा थानों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए दोनों जिलों की पुलिस ने जनता के साथ संवाद किया लोधी निधन केन्द्रीय मंत्री उमाभारती के भाई और पूर्व विधायक स्वामी प्रसाद लोधी का कल दिल्ली में निधन होगया था आज उनका अंतिम संस्कार टीकमगढ़ में किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री लोधी के निधन पर शोक जताया है श्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री लोधी ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिये चिंतन करते हुए राजनैतिक और सामाजिक चेतना जागृत की उन्होंने प्रदेश के विकास के लिये अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया श्री लोधी की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय राज्य मंत्री वीरेन्द्र खटीक विधायक केकेश्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए शिक्षा नीति कार्यकाल केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिये गठित के कस्तूरीरंगन समिति का कार्यकाल इस वर्ष इकतीस अगस्त तक बढा दिया है मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिये समिति ने कार्यकाल बढाने का अनुरोध किया था

इस रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के उपाय सुझाये गये थे

साथ ही जिले के सभी गांवों में जागरूकता वैन लोगों को जागरूक करेगी